मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के खनन प्रभावित क्षेत्रों में मॉडल गांव और मॉडल पंचायत बनाने का निर्देष दिया है राज्य में कल साइक्लोनिक सर्कलेषन का व्यापक असर देखने को मिला आज संथाल परगना को छोडकर राज्य के अन्य जिलों मौसम साफ रहने का अनुमान

दोनों देशों के बीच मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा और तेल कंपनियों ने सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किये गये अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका ने संबंधों को व्यापक वैश्विक सामारिक सहभागिता के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी को दिखाता है अत्याधुनिक रक्षा उपकरण व प्लेटफार्म पर सहयोग से भारत की डिफेंस क्षमता में बढ़ोतरी हई है भारतीय फोर्सेज आज सबसे अधिक ट्रेनिंग एक्सरसाइज अमेरिकी सेना के साथ कर रही है श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद पर काब पाने के लिए एक नये तंत्र पर सहमत हुए हैं उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को समर्थन देने वालों को जिम्मेदार ठहराने के प्रयास तेज करने का भी निर्णय लिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ा है दोनों देषों ने तीन अरब डॉलर के सैन्य हथियारों के सौदे को अंतिम रूप देने के साथ रक्षा क्षेत्र में विस्तार किया है उन्होंने कहा कि दोनों देष अपने नागरिकों को कटटर आतंकवाद से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है इससे पहले दिन में भारतीय उद्योग क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक में राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमरीकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में विदेशी निवेश के लिए विनियामक प्रावधानों को सरल बनाने का वायदा किया कोरोना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हई षिखर वाता में कोरोना वायरस से निपटने के लिए दोनों नेताओं ने साझा प्रयास करने पर सहमति जताई है इसके साथ ही दोनों देषों के बीच भारतीय जेनरिक दवाओं मानसिक स्वास्थ्य के लिए भारतीय पारंपरिक पद्वतियों और अन्य दवाओं के लिए अमेरिकी बाजार खोलने पर समझौता हुआ है दोनों नेताओं ने इस बात पर संतोष जताया है कि भारत और अमेरिका अभी तक कोरोना को रोकने में सफल रहे हैं लेकिन चीन के बाहर ईरान इराक इटली दक्षिण कोरिया जैसे देषों में इसके तेजी से फैलने को देखते हए दोनों देषों को मिलकर काम करना होगा भारत और अमेरिका के बीच संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए पहले से ही सहयोग चल रहा है वहीं गांधी रीगन विज्ञान और तकनीकी समझौते के तहत दोनों देष कई सक्रांमक बीमारियों के टीके के इजाद के लिए संयुक्त अनुसंधान और शोध कर रहे हैं अब इसमें कोरोना को भी शामिल किया जा सकता है अटल टिंकरिंग नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उददेष्य से देष के च्निंदा स्कूलों में अटल इनोवेषन मिषन के तहत अटल टिंकरंग लैब की स्थापना की गई है रांची के दीपाटोली कैंट स्थित केंद्रीय विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे विज्ञान से जुड़े नए नए प्रयोग कर रहे हैं

उन्होंने कहा है कि जिन कंपनियों ने कोर्ट या ट्रिब्यूनल से स्टे ले लिया है उनके खिलाफ याचिका दायर कर स्टे हटवाया जाए और बकाया राषि की वसूली करें मुख्यमंत्री ने कल देर रात खनन विभाग की समीक्षा के दौरान यह बाते कहीं इस दौरान उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्रों में खनन विकास कोष से मॉडल गांव और मॉडल पंचायत बनाने का निर्देष भी दिया मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के कॉमन कॉज के आदेष के तहत कोयला लोहा और अन्य खनिजों के तीन सौ सैंतालीस खदानों पर तैंतालीस हजार करोड़ से अधिक की राषि का पेनाल्टी खान विभाग द्वारा वर्ष दो हजार सत्रह में लगाया गया था एनोस एक्का आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनके परिजनों को सात सात साल की कैद की सजा सुनायी गयी है सीबीआई की विषेष अदालत ने दोषियों पर पचास पचास लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है जुर्माने की राषि नहीं देने पर सभी को एक एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी अदालत ने श्री एक्का की तमाम संपत्तियों को अटैच करने का भी आदेष दिया है इस मामले में एनोस एक्का सहित उनके छह रिष्तेदार आरोपी थे जिनमें उनकी पत्नी मेनन एक्का भी शामिल हैं

राज्य के कई जिलों में बरिष के साथ ओलावृष्टि भी हुई वहीं व्रजपात से राज्य में चार लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया इससे फसलों को काफी नुकसान भी हुआ है राज्य में सबसे अधिक देवघर में चौंतीस मिलीमीटर बारिष हई जबकि राजधानी रांची में तीन मिलीमीटर और डाल्टनगंज में लगभग दस मिलीमीटर बारिष रिकॉर्ड की गई है पलामू गढ़वा और हजारीबाग जिले में भारी ओलावृष्टि की खबर है गढ़वा जिले के मझिआंव और बरडीहा प्रखंड में ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ है पलामू में भारी ओलावृष्टि को देखते हए उपायुक्त शांतन कुमार अग्रहरि ने चैनपुर प्रखंड की सेमरा पंचायत जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया उन्होंने सभी मुखिया को निर्देष दिया है कि आपदा कोष से आपदा पीड़ित सभी लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करें इसके अलावा सभी मवेषियों के लिए चारा की व्यवस्था करने का भी निर्देष उपायुक्त ने दिया है

आवेदन इक्तीस मार्च तक जमा किया जायेगा

मामले की सुनवाई प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में चल रही है

इसके लिए इस महीने के अंत तक चयनित विषेषज्ञ डॉक्टरों की सूची तैयार कर ली जाएगी